इस दौरान सभी सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी प्रदेश सरकार ने कल इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है

कर्फयू अवधि के दौरान पांच से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा

इसी तरह बाजार सिनेमाहाल जिम मनोरंजन पार्क स्वीमिंग पुल और बार भी बंद रहेंगे हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम छह बजे तक खुली रहेंगी

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के सभी ज़िलों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क पीपीई किट व मैडिकल उपकरण उपलब्ध कराएंगे ताकि कोरोना योद्वाओं व कोरोना मरीजों को मैडिकल उपकरणों की कमी न हो उन्होंने कहा है कि ये सामग्री आगामी दो सप्ताह में सभी जिला मुख्यालयों तक पहुंचा दी जाएगी अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनका प्रयास है कि प्रदेश और प्रदेश से बाहर रह रहे हिमाचल के लोगों को तत्काल हर संभव सहायता पहुंचाई जा सके

दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल में शुक्रवार सुबह से कोरोना कफर्यू बाजार भी रहेंगे बंद बसें चलती रहेंगी दैनिक जागरण का शीर्षक है घर से काम करेंगे सरकारी कर्मचारी व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने पर रोक

मंडी और फतेहपुर उपचुनाव पर अमर उजाला का शीर्षक है कोरोना के चलते प्रदेश में टले लोकसभा विधानसभा उपचुनाव पंजाब केसरी लिखता है मंडी और फतेहपुर उपचुनाव स्थगित दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने लिया फैसला